अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ रहेंगे मौजूद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अमरीका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे इस अवसर पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप भी उनके साथ मौजूद रहेंगे एक विशाल फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पचास हजार से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों के भाग लेने की उम्मीद है कार्यक्रम के आयोजक जुगल मलानी ने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में कहा कि इस बड़े आयोजन के बाद भारत और अमरीका के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से हाउडी मोदी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज रात सवा नौ बजे से किया जायेगा रक्षामंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को समाप्त किये जाने से जम्मू कश्मीर के लोगों में नयी उम्मीद जगी है रक्षामंत्री ने दोहराया कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर ही होगी श्री सिंह ने आज पटना में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हये कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मूल कारण अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए थे

रक्षामंत्री ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान का कश्मीर पर कोई दावा नहीं है कार्यक्रम में रक्षा मंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हुये गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में किसी तरह का असंतोष नहीं है महाराष्ट्र के गोरेगांव में एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाये जाने के बाद कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली बाईट धारा तीन सौ सत्तर हटाने का भगीरथ काम जिसके लिए कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी सरलता से धारा तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए निकल जायेगी वो काम मोदी जी ने करके भारत के जन जन की आवाज को वाचा देने का काम किया है गृहमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो जायेगा गृहमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हुए कहा कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा नहीं की होती तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का अस्तित्व ही नहीं होता उन्होंने कहा कि कश्मीर मसले को पंडित नेहरू की बजाय सरदार पटेल को देखना चाहिए था

मगर कश्मीर का मसला उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने अपने कार्यालय में रखा एक ही स्टेट संमाला था श्रीमान जवाहर लाल जी ने और वहां पर विलय नहीं नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपित और फरार राजद विधायक अरुण यादव के भोजपुर स्थित आवास पर आज कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गयी आरा के एसपी अभियान और एसडीपीओ कुर्की जब्ती के दौरान मौजूद थे गौरतलब है कि कल आरा कोर्ट से अरूण यादव के खिलाफ कुर्की जब्ती का वारंट जारी हुआ था प्रदेश में गंगा सोन पुनपुन कोसी गंडक बागमती और कमला बलान समेत अधिकांश नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है पटना बक्सर दरभंगा भागलपुर मुंगेर और सीतामढ़ी जिले में बाढ़ से कई गांव प्रभावित हैं केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी बक्सर पटना के दीघा घाट गांधी घाट हाथीदह मुंगेर कहलगांव और भागलपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंडक नदी गोपालगंज के ड्मरिया घाट ब्रूढ़ी गंडक नदी खगड़िया बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर कमलाबलान नदी मधुबनी के झंझारपुर और कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से समस्तीपुर जिले के मोहनपुर मोहीउद्वीननगरपटोरी और विधापतिनगर प्रखंडों के करीब तीस गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के अकबरनगर महेशी श्रीरामपुर और किशनपुर पंचायत के कई गांव भी बाढ़ से प्रभावित हैं दरभंगा में कमला बलान नदी में आई बाढ़ से तारडीह प्रखंड के ककोढ़ा महिया और बैका पंचायत के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिर गये हैं सड़क ट्रटने से विभिन्न गांवों का प्रखंडों और अंचलों से सम्पर्क ट्रट गया है गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से पश्चिमी चंपारण जिले में बगहा के निचले इलाकों में कटाव तेज हो गया है शेखपुरा के घाटकुसुम्भा प्रखंड के एक दर्जन से अधिक गावों में गंगा की सहायक हरोहर नदी में उफान से बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है भोजपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की ओर से लगभग डेढ़ सौ नावें चलायी जा रही है राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्की से मध्यम वर्षा हुई पश्चिम चम्पारण जिले के चनपटिया में सबसे अधिक ग्यारह सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है वहीं नालंदा के एकंगरसराय में नौ सेंटीमीटर और गया के मखदुमपुर में आठ सेंटीमीटर बारिश हुई है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के पूर्वानुमान में बताया है कि प्रदेश के अधिकतर भागों में बादल छाये रहेंगे बारिश के दौरान गरज के साथ वजपात की सम्भावना भी जतायी गयी है इधर रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना के महद्दीगंज के पास बारिश के दौरान हुये वज्रपात की घटना में आज दो बच्चों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया पूर्व मंत्री रमई राम ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है पटना के हज भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में वरिष्ठ राजद नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रमई राम को पार्टी की सदस्यता दिलायी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसान कल्याण अभियान के तहत प्रदेश के चयनित कुल तेरह आकांक्षी जिलों के किसान तीस सितम्बर तक अनुदानित दर पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए आवेदन कर सकते है विश्व गैंडा दिवस के अवसर पर कल से पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में वेंडालूर जू चेन्नई से लाये गये पश् पक्षियों को आम लोग देख सकेंगे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जैविक उद्यान में इस कार्यक्रम का लोकार्पण करेंगे गौरतलब है कि कल सोमवार को अवकाश के बावजूद संजय गांधी जैविक उद्यान दर्शकों के लिए खुला रहेगा सीतामढ़ी जिले के सोनवर्षा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक नेपाली नागरिक को साढ़े दस किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है बरामद चरस की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग दो करोड़ रूपये है मुजफ्फरपुर में आयोजित अंडर सेवेंटीन बालक फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में एकलव्य बिहार की टीम ने पूर्णियां को तीन शून्य से पराजित कर दिया बेगूसराय के बलिया स्थित दियारा में बाढ़ के पानी में ड्रबने से एक बच्ची की मौत हो गयी मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुजावलपुर में दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ रहेंगे मौजूद